भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है

पार्टी ने आतंकवाद और उग्रवाद को कतई बर्दाशत न करने आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलो को सशक्त बनाने और पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध रूप से बसने पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता दोहराई है पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि पार्टी सत्ता में आने पर एक लाख रूपये तक के लघु अवधि के नये कृषि ऋण बिना ब्याज पर देगी यह ऋण पांच वर्ष तक और मूलधन के जल्द भुगतान की शर्त पर दिया जाएगा बाइट राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेन्स की पॉलिसी थी है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेन्स की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी किसानों के लिए लागू की जाएगी लघु और सीमान्त किसानों के लिए साठ वर्ष की उम्र के बाद पेंशन भी सुनिश्चित की जाएगी

श्री सिंह ने कहा कि यह प्रावधान जम्मू कश्मीर के अस्थाई निवासियों और महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण है

आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर इसमें आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सभी छोटे दुकानदारों पर भी लागू होगी

उन्होंने कहा कि भाजपा सौहार्दपूर्ण माहौल में जितनी जल्दी संभव हो मंदिर निर्माण की नई संभावनाओं का पता लगाएगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पार्टी का बहुआयामी घोषणा पत्र समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला ह

श्री मोदी ने कहा कि पार्टी देश को समृद्ध बनाने के लिए एक उद्देश्य और एक दिशा के साथ आगे बढ़ेगी वन मिशन वन डायरेक्शन हम देश को समृद्ध बनाने के लिए समान्य मानवी के सशक्तिकरण को लेकर के जन भागीदारी को बढ़ाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए लास्ट माईल डिलीवरी की और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ने का हमारा निर्धारित मंत्र है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की आलोचना की है तथा इसे झूठ का पुलिन्दा बताया है

अगर आप इनको पूरा कर देते अगर उस पर आपकी नीयत ठीक थी तो उसे आपको बजट में डालना चाहिये था

इनका कही जिक्र नहीं है

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिये प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो जायेगा पहले चरण की आठ संसदीय सीटों पर ग्यारह अप्रैल को वोट डाले जायेंगे इस चरण के चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दो है दिग्गज नेताओं द्वारा चुनावी रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से लोगों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगो आदित्यनाथ ने आज बिजनौर और शामली में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने शांति सौर्हाद और विकास के लिये भाजपा को वोट देने की अपील की उन्होंने कहा कि राजगार आवास और सुरक्षा की गारंटी मोदी सरकार के रहते ही मुमकिन है श्री योगी ने कांग्रेस सपा और बसपा पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया

मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर बसपा सप्रीमो मायावती और राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयन्त चौधरी ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का आहवान किया मायावती ने कहा कि देश में भाजपा शासित राज्यों में दलित और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बढ़ा है

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी हरेन्द्र अग्रवाल के समर्थन में कल रोड शो और नुक्कड़ संभाये कर वोट मांगे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

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है इस चरण के लिये उम्मीदवार कल नौ अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं कानपुर लोकसभा सीट से भाजपा के सत्यदेव पचौरी और सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रामकुमार सहित नौ लोगों ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया अकबरपुर लोकसभा सीट के लिये आज तेरह प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किये इनमें मुख्य रूप से भाजपा के देवेन्द्र सिंह भोले कांग्रेस से राजाराम पाल और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से महेन्द्र सिंह यादव शामिल थे कन्नौज संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक हरदोई से सपा प्रत्याशी ऊषा वर्मा भाजपा से जय प्रकाश रावत और कांग्रेस से वीरेन्द्र वर्मा सहित पांच लोगों ने आज अपने पच भर वहीं मिश्रिख से चार और हमीरपुर में दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित सात प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया चौथे चरण में दाखिल किये गये नामांकन पत्रों की जांच दस अप्रैल को जायेगी और बारह अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं

लोकसभा चूनाव के तीसरे चरण के लिये नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आज समाप्त हो गई तीसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले मुख्य उम्मीदवारों में मैनपूरी से सपा के वरिष्ठ नेता मूलायम सिंह यादव रामपूर से भाजपा की जया प्रदा और सपा के मोहम्मद आजम खां वहीं बरेली से भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार बदायूं से सपा के धर्मेन्द्र यादव और संभल से कांग्रेस के मेजर जगतपाल सिंह शामिल है इस चरण में प्रदेश की दस लोकसभा सीटों के लिये तेईस अप्रैल को मतदान कराया जायेगा उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चूनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय पांच मतदान केन्द्रों पर ईवीएम का मिलान मतदाता प्रष्टि पर्ची वीवीपैट स कराने का निर्देश दिया है

याचिकाकर्ताओं ने निवार्चन क्षेत्र के किसी भो एक ब्रथ पर वीवीपैट के मिलान के निर्वाचन आयोग के फैसले को भी चुनौती दी है इससे पहले निर्वाचन आयोग ने इस मांग को अव्यावहारिक बताते हुए कहा था कि यदि ऐसा किया गया तो चुनाव परिणाम में कम से कम छह दिन की देरी हो सकती है इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ ने आयोग से कहा था कि क्या हर विधानसभा क्षेत्र में सैम्पल सर्वेक्षण को बढ़ाया जाना संभव है